उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी आज विधानमंडल में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का बजट पेश करेंगे इस संबंध में श्री मोदी ने बताया कि सरकार बजट पूरा पेश करेगी लेकिन सिर्फ शुरू के चार महीने का खर्च लेखा अनुदान के रूप में पास करवायेगी उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान मंडल में दो हजार अठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय में चार हजार सात सौ चौसठ रूपये की बढोतरी हुई है वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में पिछले सात आठ वर्षो में औसतन नौ दशमलव पांच फीसदी की दर से सलाना वृद्धि हो रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में बिहार में बिजली की उपलब्धता में एक सौ पैंसठ फीसदी की वृद्धि हुई है सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है सर्वे में कहा गया है कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन प्रतिशत बढ़ा है आर्थिक सर्वेक्षण पर संतोष व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में आर्थिक प्रगति की रफ्तार लगातार बढ़ रही है सरकार की नीतियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने सीबीआई और ईडी को आईआरसीटीसी घोटाले से संबंधित आवश्यक कागजात पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद राबड़ी देवी तेजस्वी यादव और अन्य को सौंपने का निर्देश दिया है अदालत ने सीबीआई द्वारा आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए चौदह फरवरी की तारीख तय की है जबकि ईडी को पच्चीस फरवरी की दोपहर दो बजे तक दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी पुत्र तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज किये हैं एनडीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई इसमें भाजपा जदयू और लोजपा के विधान मंडल के सदस्य शामिल हुए बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक लाये जायेंगे इसकी मंजूरी के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है बैठक में तीन मार्च को एनडीए की प्रस्तावित रैली की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई बैठक को भाजपा विधायक दल के नेता सुशील कुमार मोदी और लोजपा विधायक दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने भी संबोधित किया

पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने लोकसभा चुनाव के पहले आर्म्स लाईसेंस और हथियार का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिया है उन्होंने कहा कि सत्यापन नहीं कराने पर लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा जिले में पन्द्रह से अठाईस फरवरी के बीच लाईसेंस के सत्यापन के लिए थानावार तिथि तय कर दी गयी है उधर आज जिलाधिकारी कुमार रवि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जायेगी बक्सर में खेली गयी उनहतरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबाल प्रतियोगिता का खिताब पूर्व मध्य रेलवे दानापुर में जीत लिया फाइनल मुकाबले में दानापुर ने पूर्वी चंपारण को तीन दो से हराया आंध्र प्रदेश में सम्पन्न चालीसवीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य की अंजू कुमारी ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते वहीं महाराष्ट्र में खेली गयी कराटे चैम्पियनशिप में ली मार्शल आर्ट की जूनियर टीम ने बारह स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते भूवनेश्वर में बाईस से पच्चीस फरवरी तक खेली जाने वाली तीसरी पूर्वी क्षेत्र बधिर टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक स्थल देव में दो दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होगा इसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार करेंगे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में बढोतरी दर्ज की गयी है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है पिछले चौबीस घंटे के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत ज्यादतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में भी एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रिकार्ड की गयी है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा दिन में अच्छी धूप खिलेगी लेकिन सुबह और शाम में ठंड बनी रहेगी तेरह फरवरी को मुजफ्फरपुर पनियहवा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा फ्रेट कॉन्वय कोरिडोर के निर्माण के कारण इस रूट पर कई पेसेंजर ट्रेने रद्द रहेगी पटना के नये आईजी सुनील कुमार ने अपना पद भर ग्रहण कर लिया है पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण पर जोर दिया पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक अब चौदह फरवरी को होगी

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधान मंडल में पेश किये गये आर्थिक सर्वेक्षण की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है देश से भी तेज है बिहार का विकास दर इसी खबर का दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है प्रदेश के विकास पर एक रूपये में अस्सी पैसे हो रहे हैं खर्च अखबारों ने बजट सत्र की शुरूआत और राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण को भी प्रमुखता से छापा है विधानमंडल की संयुक्त बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी अखबारों ने प्रकाशित की हैं दैनिक जागरण ने एक अन्य सुर्खी में लिखा है आते ही छा गयी प्रियंका गांधी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में लागू हो शराब बंदी दैनिक भास्कर की सुर्खी है नागरिकता बिल के विरोध में भूपेन के परिवार ने भारत रत्न ठुकराया इसके अलावा अखबारों ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर विशेषज्ञों और आम लोगों की राय भी प्रमुखता से छापी है